प्रधानमंत्री ने कल सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने कहा सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुले मन से बढ रही है आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण में पांच फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्वाओं के लिये टीकाकरण श्रू करने के दिये निर्देश भारत को पोलियोमुक्त बनाने के लिए देशभर में आज से पल्स पोलियो अभियान की होगी शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह तिहत्तरवां संस्करण होगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर खुले मन से आगे बढ रही है संसद के बजट सत्र पर कल सर्वदलीय बैठक में श्री मोदी ने फिर कहा कि कृषि मंत्री बातचीत के लिए हर समय उपलब्ध हैं बैठक में छब्बीस जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा यह बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि ग्यारहवें दौर की बातचीत के बाद किसानों को दिए गए प्रस्ताव पर सरकार अब भी कायम है जो डिसकशन के लिए नेगोसिएशन के लिए टवॅटी सैकॅंड टवॅटी धर्ड को हमारा एग्रीकलचरत मिनिस्टर श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने आफर किया था हम डिसकशन के लिए तैयार हैं अगर आप डिसकशन फरदर कंटीन्यू चाहते हैं तो मैं एक फोन कॉल पर अवेलेबल हूं जो स्टेटमेंट जो मुझको कम्यूनीकेट किया गया था दैट स्टिल स्टैंड गुड सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि किसानों को आगे बढना चाहिए और सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए फ्र्वानमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने को तैयार है श्री जोशी ने बताया कि उन्होंने सदन में व्यापक बहस और संसद के सुचारू कामकाज के महत्व पर बल दिया श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर कई क्षेत्रों में बेहतर भूमिका निभा सकता है प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्वांजलि अर्पित की और कहा कि हमें उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में बढना चाहिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति में व्यापक संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों अध्यापकों पाठ्यक्रम और बुनियादी सुविधाओं को एक नीति के तहत रखने पर जोर दिया गया है श्री निशंक ने सी बी एस ई गल्फ सहोदय के प्रधानाचार्यों वार्षिक सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हए समी बच्चों के लिए बचपन में देखभाल और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से समग्र आकलन और प्रगति सुनिश्चित होगी सम्मेलन में श्री पोखरियाल को हिन्दी साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए ज्ञान सरोवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया

इसमें वन्य उपज में चौदह नए प्रकार के लघु वन उत्पादों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है इन वस्तुओं में टसर रेशम कीट सूखा सेव बँस मलकांगनी बीज और जंगली सूखा मशरूम शामिल हैं केंद्र सरकार ने वर्ष दो हजार ग्यारह में न्यूनतम समर्थन मूल्य और एम एफ पी योजना में लघु वन उपज के विपणन के लिए वस्तुओं की एक चयनित सूची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा था राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में कृषक महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत खाद्य एवं पोषणा सुरक्षा एवं ग्राम समृद्धि पर दो दिवसीय संगोष्ठी का शुभारम्भ किया इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं महिला किसानों को संबोधित करते हए कहा कि वह अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने का संकल्प ले उन्होंने बेटियों को आवश्यक रूप से शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हए कहा कि बेटियां शिक्षित होंगी तो आवश्यकता पड़ने पर वह स्वय किसी रोजगार और कार्य करके आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी चार और पांच फरवरी को स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण अभियान पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इसके बाद पांच फरवरी से फ्रंट लाइन कर्मियों को टीका लगाने का कार्य शुरू किया जायेगा मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में चार लाख तिरसठ हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है

पांच फरवरी से ही अग्रिम पत्ति के कर्मचारियों को भी टीके लगाने का काम शुरू किया जाएगा

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ भारत को पोलियोमुक्त बनाने के लिए देशभर में आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरूआत होगी देशभर में चलने वाला यह कार्यक्रम तीन दिन यानि दो फरवरी तक चलेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान दो हजार इक्कीस की देश में शुरूआत की राष्ट्रपति और प्रथम महिला सविता कोविंद ने पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने के लिये अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिया है लखनऊ मेट्रो रेलवे अपने डिब्बों को अल्ट्रावालयेट किरणों से सेनेटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है आकाशवाणी के लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इसकी प्रेरणा न्यूयॉर्क मेट्रो से मिली इन किरणों से एक डिब्बे को सिर्फ आधे घटे के अंदर सेनीटाइज किया जा सकता है इस तरह से डिब्बों को सेनिटाइज करना काफी सस्ता भी है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में और प्रदेश में सरकार बनने के बाद देश के आर्थिक विकास के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का काफी सकारात्मक परिणाम हमारी अर्थ व्यवस्था में दिखने लगा है उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पर्यटन जैसे क्षेत्र में भारत की रैकिंग में अभूतपूर्व सुधार हुआ है वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के विसतार के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर में भी बढ़ोत्तरी हुई है कल श्री पाल अपने ससदीय क्षेत्र डुमरियागंज में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने ठंड से बचाव के लिये गरीबों को पांच सौ कम्बल भी वितरित किये

मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि यह दुर्घटना कल सुबह आठ बजे के आसपास उस समय हुई जब एक मिनी बस एक वाहन से आगे निकलने की कोशिश में टैंकर से जा टकराई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है